मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है

कहीं से भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं है

झाबुआ में मुख्य मुकाबला कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया और भाजपा के युवा नेता भानू भूरिया के मध्य है

झाबुआ में भाजपा विधायक जीएस डामोर के रतलाम झाबुआ संसदीय सीट से भाजपा के ही टिकट पर सांसद चुने जाने के कारण विधायक पद से त्यागपत्र देने के चलते यहां पर उपचुनाव हो रहा है मतदान महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए मतदान सुचारू रूप से जारी है

महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना और छोटे दलों के गठबंधन का मुकाबला कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गठबंघन से है

पुलिस स्मृति दिवस आज पुलिस स्मृति दिवस है इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पुलिस बल और उनके परिवारों का अभिवादन किया और अपना दायित्व निभाते हुए शहीद पुलिसकर्मियों को भावभीनी श्रद्दांजलि अर्पित की श्री मोदी ने ट्वीट में कहा कि पुलिसकर्मी अपनी पूरी जिम्मेदारी से दायित्व का निर्वाह करते हैं और उनका साहस लोगों को प्रेरित करता है वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश प्रगति की राह पर अग्रसर है क्योंकि प्रलिसकर्मी पूरी जिम्मेदारी से अपना दायित्व निभा रहे हैं श्री शाह ने कहा कि देश में सीमा की सुरक्षा आतंकवाद और नक्स लियों के खिलाफ लड़ाई तथा शांति और कानून व्ययवस्था बनाये रखने में पुलिसकर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी पुलिस स्मृति दिवस पर द्वीट संदेश के जरिए पुलिस के शहीद जवानों को नमन किया इस अवसर पर सभी जिला मुख्यालयों पर भी कार्यक्रम आयोजित किये गये शहडोल से हमारे संवाददाता ने बताया है कि शहर की पुलिस लाइन में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई वहीं कटनी में पुलिस अधीक्षक सभी पुलिस थानों और चौकियों के प्रभारियों ने शहीद पुलिस वालों के चित्रों पर पुष्पांजली अर्पित की सतना खंडवा जबलपुर नरसिंहपुर मुरैना भिंड रीवा ग्वालियर शाजापुर विदिशा रायसेन उमरिया गुना अशोकनगर धार खरगोन उज्जैन देवास राजगढ़ अनुपपुर होशगाबाद और टीकमगढ़ सहित विभिन्न जिलों से पुलिस स्मृति दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किये जाने के समाचार मिले हैं आग होटल इंदौर के विजय नगर क्षेत्र स्थित एक होटल में आज सुबह लगी आग पर दमकल दल ने काबू पा लिया है

लगभग दो घन्टे की मसक्कत कर आग पर काबू पा लिया गया है फिलहाल आग के कारण और नुकसान का आंकलन किया जा रहा है